उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति के साथ त्रिपक्षीय वार्ता भी की प्रधानमंत्री ने जय यानी जापान अमरीका और भारत समूह के तहत जापान के प्रधानमंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति के साथ त्रिपक्षीय बैठक की बैठक में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बताया कि भारत इस समूह को कितना अधिक महत्व देता है

जापान ने हमेशा अभिनोमित के आधार पर जापान को नई ऊंचाई देने का प्रयास किया है और भारत भी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस मंत्र को लेकर के और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है हम तीनों अपने अपने तरीके से विकास की यात्रा में द्रनिया में कुछ ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्रो नरेन्द्र मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प से द्विपक्षीय बातचीत की

बाइट मैं जो चार विषयों पर चर्चा करना चाहूंगा

भारत और अमरीका के संबंध एक दूरगामी और सकारात्मक विजन के साथ आगे बढ़ें

अमरीकी राष्ट्रपति ने आम चुनाव में जीत पर श्री मोदी को बधाई दी और कहा कि दोनों देशों को सैन्य सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम करना चाहिए

विदेश सचिव विजय गोखले ने त्रिपक्षीय बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि इस दौरान मुख्य रूप से भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता ढांचागत विकास और नई पहल पर चर्चा हुई बाइट ईरान को लेकर हमारा ध्यान मुख्य रूप से इस बात पर है कि ईरान में अस्थिरता का हम पर कई तरह से असर पड़ता है न केवल हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं बल्कि खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में रह रहें भारतीयों की दृष्टि से भी इसका हम पर असर होता है विदेश सचिव ने कहा कि अमरीका के राष्ट्रपति ने आशा प्रकट की कि तेल की कीमते स्थिर बनी रहेंगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिक्स यानी ब्राजील रूस भारत चीन और दक्षिण अफ्रीका की अनौपचारिक बैठक में हिस्सा लिया उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलोसोनारो रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शो जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ आंतकवाद के खतरे पर चर्चा की प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बैठक में कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है बाइट आतंकवाद सारी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है यह निर्दोषों की जान तो लेता ही है आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता पर बहुत बुरा असर भी डालता है हमें आतंकवाद और जातिवाद को समर्थन और सहायता के सभी रास्ते बंद करने होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ई रजिस्ट्री के कार्यो में तेजी लाने के और पारदर्शी एवं भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था के साथ साथ कम समय में स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग की सेवाएं लोगों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये श्री योगी कल लखनऊ में स्टाम्प और रजिस्टशन विभाग के कायों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने प्रदश के सभी क्षेत्रों में सर्किल रेट में यथा संभव एकरूपता लाने के लिए भी कहा श्री योगी ने अधिकारियों का निर्देशित करते हुए कहा कि समय को आवश्यकता के अनुरूप अधिनियमों और नियमों में जनहित में यदि संशोधन की आवश्यकता हो तो उन्हें पूरा कर लिया जाये

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना किसी जांच पड़ताल के भूमि की रजिस्टो और एक ही भूमि की बार बार अलग अलग लोगों को रजिस्ट्री करने की घटनाओं को रोकने के उपाय सुनिश्चित किये जायें ऐसी योजनायें और नीतियां लागू की जायें जिससे संपत्ति स्थानांतरण या बिकय के संबंध में विवादों और हिंसा संबंधी घटनाओं की गुंजाइश न रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सेना के साथ लंबित विभिन्न प्रकरणों को यथाशेघ्र निपटाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि सेना के साथ लंबित विभिन्न प्रकरणों में तेजी से निर्णय लेकर यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाये प्रकरणों के समाधान में सकारात्मक द्रष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए

उन्होंने कहा कि भारतीय सेना अपने शौर्य और पराकम क लिए पूरी दुनिया में सराही जाती है और प्रत्येक नागरिक को देश की सेना पर गर्व है श्री योगी ने कहा कि संवाद समस्याओं के समाधान का सबसे अच्छा माध्यम है हमें आपसी समस्याओं का समाधान समयबद्ध ढंग से संवाद के माध्यम से करना चाहिए मुख्यमंत्री ने लखनऊ सहारनपुर सहित अन्य शहरों में सेना के साथ भूमि के विवाद शीघ्र हल करने तथा बागपत मिर्जापुर खीरी बिजनौर और रामपुर सहित दस जनपदों में भूतपूर्व सैनिकों की चिकित्सा सुविधा हेतु पॉली क्लीनिक निर्माण क लिए एक सप्ताह के अंदर भूमि चिन्हित कर सेना को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निदेश दिये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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी पर लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की फिर से शुरूआत करेंगे वे दूसरी बार पदभार संभालने के बाद देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे इससे पहले कार्यक्रम की एक कड़ी में प्रधानमंत्री ने विद्यार्थिया से परीक्षा पूर्व दबाव से निपटने के बारे में बातचीत की थी बाइट दोस्तो परीक्षा को अंको का खेल मत मानिये

जीवन को तो किसी महान उद्देश्य के साथ जोड़ना चाहिए एक सपनों को लेकर के चलना चाहिए

वहीं चालीस से अधिक लोग घायल हो गये यह हादसा उस वक्त हुआ जब सुबह लगभग पांच बजे एक बस एक ट्रक से टकरा गयी पुलिस के अनुसार पांच लोगों की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गयो और दो ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया यह बस बिहार से जयपुर जा रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिये हैं

इससे वाहन प्रदूषण में नब्बे प्रतिशत तक की भारी कमी आयेगी लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि किसानों द्वारा पराली जलाना वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है और वे इस मुद्दे पर पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे केन्द्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना बना रही है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर राशनकार्डो के अंतरण से लाभार्थियों खासकर प्रवासियों को सार्वजनिक वितरण प्रणालो का लाभ देश भर में आसानी से मिल सकेगा

स्टेट्स में भी काफी जगहों पर है बहुत सी जगहों पर नहीं है लेकिन दोनों का लिंक नहीं है

तो एफसीआई तक तो पहुंचा है उसके बाद नहीं है तो हम चाहते थे पूरे देश में इसको इंटीग्रेट कर के लिंक अप कर दिया जाए श्री पासवान कल नई दिल्ली में खाद्य सुरक्षा मुद्दे पर राज्यों के खाद्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे